पूरी तरह बाधित रही विधानसभा की कार्यवाही

उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अपराध की कमजोर धाराएं लगाने पर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगायी है शीर्ष न्यायालय ने पुलिस की इस लापरवाही को शर्मनाक और अमानवीय बताया न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में समय पर प्राथमिकी नहीं दर्ज करने और जांच में ढिलाई को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया पीठ ने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया उच्चतम न्यायलय ने कहा कि पीड़ितों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार होने के बावजूद धारा तीन सौ सतहत्तर और पोक्सो कानून के तहत मामले नहीं दर्ज नहीं किये जिससे लगता है कि प्रलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार को चौबीस घंटे के भीतर प्राथमिकी में बदलाव करते हुए आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं को जोड़ने को कहा राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस की ओर से हुई गलतियों में सुधार किया जायेगा मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी विपक्षी दल राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों द्वारा जोरदार हंगामे के कारण आज विधानसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी भोजनावकाश से पहले के सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ कार्यवाही स्थगन के बाद दोबारा जब दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब स्थित के मुद्दे को लेकर शोरगुल और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचो बीच आ गये जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी इससे पहले आज सुबह ग्यारह बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी सीट पर खड़े हो गये और उन्होंने विपक्ष का कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत कर कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की अध्यक्ष ने विपक्ष से नियम के अनुसार इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष जनहित के मूददे को लेकर गंभीर नहीं है और वह सदन का समय बर्बाद करना चाहता है भोजनावकाश के बाद के सत्र में हंगामे के बीच ही जीएसटी और सेवा कर संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया विधान परिषद में भी कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राजद सदस्यों द्वारा हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही राजद के सुबोध कुमार ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराने के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा जिसे उप सभापति हारूण रशीद ने अस्वीकृत कर दिया विपक्ष के हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले के सत्र में सदन केवल बीस मिनट ही चल सका दोबारा जब ढ़ाई बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राजद सदस्य एकबार फिर सदन के बीचो बीच आ गये विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच क्छ देर तक कार्यवाही चली इस दौरान सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू के सदस्यों के साथ राजद सदस्यों की नोकझोंक भी हुई स्थिति शांत न होते देख उप सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी इससे पहले उप सभापति ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी करायी राज्य सरकार ने आज कहा कि प्रदेश में अब तक डेंगू के एक हजार बासठ मामलों की पुष्टि हुई है विधान परिषद् में एक प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पन्द्रह नवम्बर तक पटना में सात सौ दस मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है उन्हेंने बताया कि शहर के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल महावीर आरोग्य संस्थान कुर्जी होली फैमिली अस्पताल और राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान आरएमआरआई में डेंगू की मुफ्त जांच की व्यवस्था की गयी है मुजफ्फरपुर जिले में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने भवन निर्माण विभाग की एजेंसी ब्रडको के कार्य में दस करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया है पिछले सात वर्ष के दौरान मुजफ्फरपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति योजना में यह गड़बड़ी पकड़ी गयी है सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट में कई बार आपत्ति के बावजूद बुड़को की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि कामन सर्विस सेंटर सीएससी का लक्ष्य देशभर के ढाई लाख पंचायतों तक पहुंचना है आज नई दिल्ली में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि सीएससी केंद्र जन आंदोलन बनते जा रहे हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये केंद्र देश में प्रत्येक डिजिटल सेवा तक पहुंच बनाएंगे डिजिटल लेन देन और अन्य कार्यों के मामले में देश में तकनीकी क्रांति की बात कहते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि कामन सर्विस सेंटर के डिजिटल मंचों के जरिये सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं राज्य में सिपाहियों के बाद इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और एएसआई स्तर के पूलिस पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है पूलिस मुख्यालय ने पटना जोन के छह सौ इक्यानवे पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है इसमें ग्यारह इंस्पेक्टर छह सौ छप्पन सब इंस्पेक्टर और एक सौ बहत्तर एएसआई हैं पटना नालंदा नवादा जहानाबाद अरवल बक्सर सहित अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इन पदाधिकारियों को दस दिसम्बर तक विरमित करने का निर्देश दिया है कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र में अमीन चौक गूदरीथान के पास अज्ञात अपराधियों ने आज दिन दहाड़े लूटपाट के क्रम में एक निजी बैंक के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया प्रलिस सूत्रों ने बताया कि कुर्सेला फारबिसगंज राजमार्ग पर हुई इस वारदात में मोटरसाइकिल सवार अपराधी बैंककर्मियों से डेढ़ लाख रूपये लूट कर फरार हो गये पुलिस मामले की जांच कर रही है छपरा जंक्शन पर रेल प्रलिस ने एक ट्रेन से पचास नरकंकाल बरामद किये हैं इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ चल रही है नरकंकाल कहां ले जाया जा रहा था पुलिस ने अभी इसकी खुलासा नहीं किया है उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा के कारण प्रदेश में ठंड में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है प्रदेश के अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश की ओर से आ रही पछुआ हवा के कारण अगले दो दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है तीस नवम्बर के बाद ठंड के साथ कनकनी में भी बढ़ोतरी के आसार हैं प्रदेश में ग्यारह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस के साथ गया का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा वहीं पटना का न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर पन्द्रह साल पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है श्री मोदी आज पटना में जलवायू परिवर्तन पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जलवायू परिवर्तन के कारण आकस्मिक बाढ़ जल जमाव भूकम्प कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण शहरों और उसके आस पास की बस्तियों की सबसे बड़ी समस्या है कटिहार के मनिहारी और मध्रबनी के जयनगर के बीच चलने वाली जानकी एक्सप्रेस ट्रेन का समस्तीपुर मंडल के सिंधिया घाट स्टेशन पर भी ठहराव होगा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कल से यह ट्रेन अप और डाउन दोनों समय दो मिनट के लिए सिंघिया घाट पर रूकेगी मिथिलांचल क्षेत्र में दरभंगा के रैयाम और मध्रबनी जिले के सकरी तथा लोहट में बंद पडे चीनी मिलों को फिर से शुरु करने का मुद्दा आज विधान परिषद में उठा गन्ना उद्योग मंत्री ख़ुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि तीनों चीनी मिलों को फिर से शुरु करने के लिए निजी निविदाकर्ताओं को जमीन हस्तांतरित कर दी गयी है उन्होंने कहा कि रैयाम चीनी मिल को चलाने के लिए तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जिम्मे सौंपा गया है गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि चार माह के भीतर चीनी मिल चालू नहीं करने पर जमानत राशि राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी शेखप्ररा जिले में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पचना गांव में एक ट्रक पर लदी लाखों रूपये मूल्य की अंग्रेजी शराब जब्त की है इसी सिलसिले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है पूर्वी चंपारण जिले के बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी से ढ़लाई के दौरान उसपर लदे सीमेंट की बोरियों के अचानक गिर जाने से एक महिला की दबकर मौत हो गयी और दो मजदूर घायल हो गये पटना के जिलाधिकारी ने गंगा गंडक और घाघरा नदी में चल रहे डॉल्फिन सर्वेक्षण कार्य में दानापूर पटना सदर फतुहा खुशरूपुर और बख्तियारपुर अथमलगोला बाढ़ मोकामा और पंडारक प्रखंड के अंचलाधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिये हैं जल संसाधन विभाग ने अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित पाये गये बाढ़ नियंत्रण विभाग गोपालगंज के मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता और दो कार्यपालक अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है मोबाइल ट्रेकिंग में चारों को कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित पाया गया था

पूरी तरह बाधित रही विधानसभा की कार्यवाही